कहा लीची से बीमारी का नहीं है कोई संबंध

केन्द्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कार्यदल का गठन किया है इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विदेश मंत्री एस जयशंकर गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह प्ररी शामिल हैं संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि कार्यदल की आज बैठक होगी जिसमें इस वायरस से निपटने के लिए सभी उपायों पर चर्चा की जाएगी

क्या प्रीकॉशन मेजर्स लेना चाहिए अभी चाइना को वायरस डिसीज में विदेशों से जो भी पैसेंजर्स आते उसके लिए कैंसा प्रीकॉशन लेकर उसका चौकिंग करना चाहिए और भारत में ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि हाथ साफ करने और खांसते समय टिशू पेपर या रूमाल जैसे आसान एहतियात बरत कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस वायरस के लक्षणों के बारे में बताया

और आप चाईना से आये हैं पिछले दो हफ्तों में या आप ऐसे किसी मरीज के संपर्क में आये हैं जो कोरोना वॉयरस के इन्फेक्शन हुआ है या तो चाईना से आया हो और जिसको जुकाम नजला की तकलीफ हुई हो या अस्पताल में हैं डॉक्टर हैं आप उनके साथ डील कर रहे हैं जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और आपको फिर ये लक्षण होते हैं तब हम यह कह सकते हैं कि आप एक कोरोना वॉयरस के सस्पेक्टड केस के हो सकते हैं अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर आश्रतोष बिश्वास ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है केंद्र सरकार स्थिति पर निगरानी रख रही है

रिसपोंसिबिलिटी हैं उनकी हमारी तरफ से और यह नहीं की हम छोड़ दें सीरियस है ये फैलने का बहुत ही रिस्क है अब हमें पूरी तरह से रेडी हैं आर्म्डफोर्सेज और आईटीबीटी जैसे पूरा फोर्स लगे हुए हैं इसको कंटेन करने के लिए पीएमसीएच ने संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस का मुख्य कारण स्क्रब टाईफस नामक बैक्टीरिया को माना है इंडियन कांउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक परियोजना के तहत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों के शोध में यह तथ्य सामने आया है इस परियोजना के प्रमुख डॉक्टर अनिल कुमार जायसवाल ने बताया कि छह महीने चले इस शोध में यह बात सामने आयी है कि इस बीमारी का लीची से कोई संबंध नहीं है उन्होंने बताया कि स्क्रब टाईफस बैक्टीरिया पुराने कपड़ों में गर्मी के दिनों में पैदा होता है जो चूहे या अन्य छोटे जानवरों से होते हुये मानव में आता है डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है इस बैक्टीरिया का प्रभाव बढ़ता जाता है उन्होंने कहा कि शोध पत्र में इस बैक्टीरिया से बचाव के उपाय भी सुझाये गये हैं प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चक्र आज से शुरू हो गया है बक्सर और बांका को छोड़कर राज्य के छत्तीस जिलों के चिन्हित दो सौ छब्बीस प्रखंडों में अभियान की शुरूआत हुई है तेरह फरवरी तक चलने वाले इस चक्र के दौरान दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाये जा रहे हैं नगर विकास और आवास विभाग ने ग्र्प डी की सेवा दैनिक मजदूरों की बजाय आउटसोर्सिंग से लेने से संबंधित अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि संबंधित आदेश को इकतीस मार्च तक स्थगित किया जाता है गौरतलब है कि नगर विकास और आवास विभाग ने ग्रूप डी की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से लेने का आदेश निर्गत किया था जिसके विरोध में निगमकर्मी पिछले तीन दिनों से हड़ताल पर हैं विभागीय आदेश जारी होने के बाद कटिहार नगर निगम के कर्मी काम पर लौट आये हैं उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों से किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है आज पटना में नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार को संबोधित करते हुये श्री मोदी ने कहा कि ऋण वितरण में बढ़ोतरी होने से बाजार में मांग बढ़ेगी जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर होगा उन्होंने कहा कि यदि कृषि प्रक्षेत्र में कर्ज का प्रवाह नहीं बढ़ेगा तो बिहार का अपेक्षित विकास भी सम्भव नहीं होगा बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के आज पहले दिन अट्ठावन परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार नालंदा जिले से तेरह गया से नौ अरवल और सुपौल से आठ आठ मधुबनी से छह नवादा से तीन पटना मधेपुरा और खगड़िया से दो दो तथा औरंगाबाद पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण शिवहर और भोजपुर से एक एक परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया कई अन्य जगहों पर भी नकल के आरोप में परीक्षार्थी निष्कासित किये गये हैं सहरसा से दो और गया से एक फर्जी परीक्षार्थी को जबकि अरवल से एक व्यक्ति को नकल कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है इधर आज कई जगहों पर पहली पाली की भौतिकी का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की भी खबरें आयी जो बाद में प्रश्न पत्र से मिलान करने पर अफवाह साबित हुआ धूप खिलने के बावजूद तेज पछ्आ हवा के कारण प्रदेश भर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से कम बना हुआ है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार हवा की रफ्तार तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे बनी हुई है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि ठंडी हवा के कारण तापमान में और गिरावट आने की आशंका है वहीं कल झारखंड से सटे प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश भी हो सकती है आज पांच दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पूर्णियां का न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह पटना का आठ और भागलपुर का तेरह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जहानाबाद जिले के मखद्मपूर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक गैस एजेंसी के दो कर्मचारियों से हथियार के बल पर तेरह लाख पचास हजार रूपये लूट लिये इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की वहीं खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अन्तर्गत मलपा में अपराधियों ने एक फायनांस कम्पनी के कर्मी से एक लाख साठ हजार रूपये लूट लिये खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र के कोलवाड़ा गांव से एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीन अपराधियों को एक राइफल और एक सौ ग्यारह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारी डॉक्टर निलेश रामचंद्र देवड़े ने बगहा सदर अस्पताल के प्रबंधक और एकांउटेंट को कर्तव्य में लापरवाही और भ्रष्ट आचरण के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है भोजपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बनौली गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गयी दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर गांव में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर चार हजार से अधिक बोतल शराब बरामद की है मौके से एक महिला को गिरफ्तार किया गया वहीं वैशाली जिले में राघोपुर थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर जलावन की लकड़ियों में छुपाकर रखी गई एक सौ तिरानवे कार्टन विदेशी शराब बरामद की सासाराम में आयोजित जिला स्तरीय बॉक्सिग चैंपियनशिप में जमूहार स्थित नारायण वर्ल्ड स्कूल की टीम विजेता बनी है प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गो में विद्यालय के छात्रों ने बारह स्वर्ण छह रजत और दो कांस्य पदक जीते और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर कोरोना वायरस से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने कार्यदल का गठन किया

कहा लीची से बीमारी का नहीं है कोई संबंध